मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगा सहयोग प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत ऊना में खादी ग्रामोद्योग पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन

कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया

स्वास्थ्य विभाग ने चीन में फैले कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिकों को अपरिहार्य कारणों के अलावा चीन यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है इसमें चीन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य पर बारीकी से निगाह रखने को भी कहा गया है मंत्रालय ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की और इस दिशा में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं इसके तहत उन्होंने आज देवली विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी अरविंद कुमार के समर्थन में महिला सम्मेलन को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही है और दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनाने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये अधिनियम किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ नही है बल्कि विभिन्न धर्मो के पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए है जयराम ठाक़्र ने कहा कि इस विषय पर राजनीति करना अनुचित है क्योंकि भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग इस अधिनियम से प्रभावित नहीं होंगे उन्होंने बदरपुर और जैतपुर में भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित किया जयराम ठाकुर ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो स्वाभाविक रूप से विकास की राह पर दिल्ली भी शीर्ष पर पहुंचेगी बिंदल इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी आज दिल्ली के राजेन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सरदार आरपी सिंह के समर्थन में बैठकों को सम्बोधित किया उन्होंने कांग्रेस व आम आदमी पार्टी पर केवल वोट के लालच में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे लोगों को गुमराह कर देश को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया है बिंदल ने राजनीतिक दलों को शाहीन बाग मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है जावड़ेकर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने सभी राज्यों को वक्षारोपण के लिए सात अरब डॉलर की राशि जारी की है

वे आज जसवां परागपुर निर्वाचन क्षेत्र में शांतला साई बढ़ार और डागड़ा सिद्ध सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों को दुरूस्त करने और इस सुविधा से वंचित क्षेत्रों में सड़कें बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है विक्रम ठाकुर ने क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण संबंधी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की लम्बित मांग पूरी हो सके बाद में उन्होंने परागपुर शिमला बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अध्यापकों व अभिभावकों से विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा के अलावा आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने का आहवान किया है अर्की विधानसभा क्षेत्र के लौहारघाट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए

पहली उड़ान भूंतर उदयपुर भूंतर दूसरी भूंतर तांदी डाईट भूंतर और तीसरी भुंतर गोंदला सिसु भुंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियों से स्थानीय लोगों को लघ् उद्योग लगाने की प्रेरणा मिलती है

प्रदर्शनी के दौरान वीरेन्द्र कंवर ने कृष्णचंद और बलदेव चंद को कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत बिजली से चलने वाले चाक प्रदान किए सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि बच्चों को बुनियादी स्तर पर गुणात्मक शिक्षा घर द्वार पर उपलब्ध कराने के उदेश्य से सरकार ने प्री प्राईमरी कक्षाएं शुरू की हैं कांगड़ा जिला के सरकारी स्कूल चड़ी व रेहलु के वार्षिक समारोह के दौरान उन्होंने ये बात कही

रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान की गई नारेबाजी पर चिंता जताई है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी टिप्पणियां करना शोभा नहीं देता है उन्होंने कहा कि युवा नेताओं से हर वर्ग को देश और समाज हित में कुछ नया करने की उम्मीद रहती है जबकि आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है पाटिल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है और सरकार के उच्च पदों पर बैठे नुमाईदो को इस बारे में विचार करना चाहिए

पिछले दो दिनों से राजधानी शिमला का उपरी क्षेत्रों से सम्पर्क कटा हुआ है लोक निर्माण विभाग द्वारा बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनरी लगाई गई है हालांकि आज दिनभर अधिकांश इलाकों में हल्के बादल छाए रहे और समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठण्ड का दौर जारी है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में भारी बर्फबारी के बाद अब हिमखण्ड गिरने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है

जिले में प्रभावित बिजली आपूर्ति को भी सुचारू बनाने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है उपायुक्त गोपाल चंद ने भारी हिमपात को देखते हुए लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है राजधानी शिमला सहित प्रसिद्व पर्यटक स्थल कुफरी व नारकंडा सहित खड़ापत्थर में भी हिमपात हुआ है

बरागटा मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कहा है कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में बीती रात हुई भारी बर्फबारी के बाद यातायात को सुचारू बनाने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने का कार्य लगातार जारी है एक बयान में बरागटा ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की

रवि मैहता भाजपा के शिमला जिला अध्यक्ष रवि मैहता ने आज जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है